मतदान के तुरंत बाद मतगणना और नतीजों की घोषणा का काम जारी है

सबसे ज्यादा मतदान जोधपुर जिले की घंटीयाल पंचायत समिति में हुआ

इन पंचायतों में कल सुबह उप सरपंच के चुनाव होंगे

चौथे चरण के लिये दस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे

उन्होंने आज ट्वीट कर लोगों से इस आंदोलन से लगातार जुडने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही हम कोरोना के खिलाफ लडाई को जीत पायेंगे उन्होंने कहा कि कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन के बारे में राज्य के सभी शहरों से सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है

झालावाड़ में श्रम राज्यमंत्री और जिले के प्रभारी टीकाराम जूली ने कोरोना जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हरि झंडी दिखाकर किया प्रभारी मंत्री ने इस बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया अजमेर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर मास्क वितरण कर रहे हैं प्रशासन वाहनों के जरिए भी कोरोना से बचाव का संदेश प्रसार कर रहा है इस बीच महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवि परिसर में बिना मास्क घूमने वालों पर सौ रूपए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है इसी कम में सवाईमाधोपुर में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने नो मास्क नो एंट्री स्टिकर का विमोचन किया

श्री लाठर ने कहा कि कोरोना संकमण को रोकने के लिये मास्क लगाना निर्धारित भौतिक दूरी रखना तथा हाथों की सफाई जरूरी है उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस द्वारा राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश तथा अन्य प्रावधानों के तहत नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है

वहीं देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है

आयुष मंत्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर इन दिशा निर्देशों का उन्नयन किया है

राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भावनाओं और बारिकियों का समावेश किया गया है आज वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कियान्वयन के लिए आयोजित टास्क फोर्स की विशेष बैठक को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चरणबद्द तरीके से कियान्वयन किया जायेगा श्री मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों का प्रारम्भिक रोडमैप तैयार हो गया है

तीन जाने माने अर्थशास्त्रियों अशिमा गोयल जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे को एमपीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है इन सदस्यों की नियुक्ति चेतन घाटे पामी दुआ और रविन्द्र ढोलकिया के स्थान पर की गई है

त्रिवेदी का गुडगांव के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था

त्रिवेदी को पिछले महीने उपचार के लिए जयपूर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हई थी बाद में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई लेकिन फेफडे संबंधी अन्य दिक्कतों के चलते उनकी हालत बिगड गयी बाद में उन्हें गुडगांव के अस्पताल में भेजा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्रिवेदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है

न्यायालय ने दुष्कर्म के चार आरोपितों को आजीवन कारावास और एक एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि घटना का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गयी है इस मामले का एक आरोपी नाबालिग है जिसके खिलाफ प्रकरण अलग से विचाराधीन है

इफको के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी ने आज ट्वीट कर यह जानकारी दी इस समझौते के तहत नवीनतम कृषि तकनीक को सरल भाषा में डीडी किसान चैनल पर दिखाया जायेगा इस अवसर पर केन्द्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन और प्रसार भारती के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे श्री राघवन ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे खेतीबाडी की तकनीक गांव गांव तक पहुंच सकेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी

ड्रोन सर्वे का शुभारम्भ आज चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने लोहागढ़ स्टेडियम से किया